दूसरी बार सरकार का कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री अपने पहले विदेशी दौरे के द्रसरे चरण में आज श्रीलंका पहंचे हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमोसिंघे और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की प्रधानमंत्री वहां से सीधे सेंट ऐटनी चर्च पहंचे जिसे ईस्टर के अवसर पर निशाना बताया था प्रधानमंत्री ने वहां आंतकी हमले में मारे गये लोगों को श्रदवाजंलि दी एक टिवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हे विश्वास हा कि श्रीलंका एक बार फिर उठ खड़ा होगा और आंतक की कायरतापूर्ण गतिविधियां इस देश की भावना को पराजित नहीं कर सकती उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ एकज्ट होकर खड़ा हा आकाशवाणी संवाददाता का कहना हा कि ईस्टर हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के दौरे पर आने वाले पहले राष्ट्रध्यक्ष ह और इस लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा हा श्रीमोदी ने श्रीलंका के नेतृत्व को आंतकवाद के विरूदव लड़ाइ में भारत की सहभागिता जताई राष्ट्रीय समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मंत्रिपाला सिरीसेना के साथ बठक की इस अवसर पर सरकार के सभी मंत्री और प्रांतीय गर्वनर सम्मिलित हये वहीं भारतीय राजदूत के निवास पर श्रीलंका में रहने वाले सक्वड़ो भारतीय अपने प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिये एकत्रित हये राजधानी कोलंबो में कड़ी स्रक्षा व्यवस्था की गई हथ और यातायात के स्चारू संचालन के लिये विशेष योजना लागू की गई हण उप राष्ट्रपति एम वक्केया नायड़ू ने कहा हा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षण नीति में राष्ट्रीयजरूरतों और प्रकृति के सिम्मलित होने से विद्यार्थियों को वक्ष्प्विक सदंर्भ में तद्वारी करने में सहायता मिलेगी उप राष्ट्रपति आज बैंगलरू में एक शिक्षण संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में सम्बोधन कर रहे थे

उन्होंने इस बार पर बल दिया कि देश की शिक्षा प्रणाली में हमारे बच्चों और नौजवानों मे ज्ञान और कौशल विकसित करना सुनिश्चित किया जाये

उन्होंने कहा कि जेजेपी विधानसभा च्नाव चाबी का निशान पर लड़ेगी

इसके बाद गुरुग्राम नगर निगम च्नाव पंचायत च्नाव पांच नगर निगमों का च्नाव जींद उपच्नाव सफलतापूर्वक पार करते हुए हमने लोक सभा च्नाव में सभी दस सीटों पर विजयश्री हासिल की है आज बल्लभगढ़ में उन्होंने कहा कि औसत मार्जन में हम देश में नंबर एक हण साढ़े चार वर्षो में कई जीत हासिल की ह और आने वाले विधानसभा चुनावों में हम फिर जीतेंगे और प्रचंड बहमत से जीतेंगे

पहले यह लिखित परीक्षा कल आयोजित की जानी थी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा नीट आईआईटी एवं जेईई के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी उनके रहने खाने का प्रबंध भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा

भाजपा हरियाणा कोर ग्र्प की बछक दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हई बठक में राष्ट्रीय संगठनमंत्री रामलाल म्ख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी बिरेन्द्र सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्भाष बराला समेत तमाम कोर ग्रुप के नेता मौजूद रहे

रोहतक में जिला स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह म्ख्यअतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे म्ख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरियाणा में लोकसभा च्नावों के परिणाम पर बधाई दी

इनक्षो राज में विधायकों व पदाधिकारियों के साथ द्वर्यवहार होता था

उन्होंने कहा कि विपक्ष बेशक कितने दावे करता हैैै लेकिन प्रदेश की जनता ने तय कर लिया हैैै कि मनोहर लाल एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे स्वच्छ भारत मिशन तथा हरियाणा स्टेट टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने कहा कि गरीब समाज की भलाई की सोच केवल भाजपा ही है यही कारण ह कि इस बार गरीब समाज ने दिल खोलकर भाजपा का साथ दिया हग़ जिसके चलते लोकसभा च्नावों में बंपर जीत मिली हण सुभाष चंद्र आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के तत्वावधान में सोनीपत में आयोजित अपने अभिनंदन समारोह में उपस्थित जनसमूह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे